इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इसके साथ ही देश में बनारस के बाद हरिद्वार ऐसा दूसरा शहर बन गया

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखों महाकंभ हरिद्वार महाकृंभ की कल से विधिवत श्रूआत हो जाएगी इसके लिए राज्य सरकार मेला प्रशासन और प्लिस विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि हरिदवार में दिव्य भव्य सुंदर और सुरक्षित कृंभ के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है श्रद्वालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं साधु संतों और भक्तों को कोई समस्या न हो इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्व है

उन्होंने सभी से मास्क पहनें और समय समय पर हाथ धोने की अपील की कल गढ़वाल मंडल आय्क्त रविनाथ रमन भी हरिद्वार भ्रमण पर रहेंगे इस दौरान वो कृंभ के सिलसिले में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर यात्री स्विधाओं तथा कोविड जांच की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे साथ ही रूड़की बस स्टेशन और नारसन बार्डर पर पहुंचकर नजदीकी राज्यों से हरिद्वार आने वालों की जांच और अन्य स्विधाओं का जायजा भी लेंगे ट्टीएचडीसी कुंभ हरिद्वार महाकृभ में तीन शाही स्नान सहित विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति करेगा इस साल बर्फबारी और बारिश न होने से नदियों के जल स्तर में ज्यादा बढ़ोतरी की संभवना कम है ऐसे में हरिदवार कृंभ के लिए पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति का एकमात्र साधन टिहरी बांध की झील है

इन तीनों तिथियों पर हरिद्वार में देश विदेश से लाखों श्रद्वाल्ओं के जूटने की उम्मीद है

इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी

भूमिगत केबलिंग हरिद्वार में आज भूमिगत विद्य्त लाइनों का लोकार्पण किया गया इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह भी मौजूद रहे बनारस के बाद प्रे देश मे हरिदवार ही द्सरा शहर है जहां यह योजना लागू की गई है

इसी कड़ी में ऊर्जा मंत्रालय की आईपीडीएस योजना के तहत हरिदवार के कृंभ क्षेत्र में आज भूमिगत केबलिंग परियोजना का लोकार्पण किया गया

इससे बारिश और आंधी तूफान से जर्जर तारों का टूटना और इससे होने वाली द्र्घटनाएं भी टल जाएंगी इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह ने कहा कि अंडरग्राउण्ड केबलिंग से बिजली की गृणवत्ता में बहत सुधार आता है उन्होंने इस प्रोजक्ट को जल्द पूरा करवाने के लिए ऊर्जा सचिव राधिका झा और यूपीसीएल के अधिकारियों को बधाई दी

यह व्यवस्था कल से लागू हो जाएगी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर दिल्ली महाराष्ट्र केरल पंजाब कर्नाटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तमिलनाड़ गुजरात हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा सरकार ने सभी जिलों के प्रशासन को रेलवे स्टेशनों हवाई अड्डों और सीमा की चौकियों पर रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग का आदेश दिया है मास्क पहनने में लापरवाही बरतने पर प्लिस लोगों को जागरूक करने के साथ ही जुर्माना भी लगाएगी बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है

कंटेनमेंट जोन राज्य सरकार द्वारा अब उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं देहरादून के लक्ष्मण चौक और सरस्वती सोनी मार्ग को भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है इसके साथ ही देहरादून में दो ऋषिकेश और मसूरी में एक एक कंटेनमेंट जोन बनाये गए हैं इन क्षेत्रों के लोगों को घरों से बाहर जाने की मनाही रहेगी क्षेत्र की सभी द्वकानें प्रतिष्ठान कार्यालय और बैंक पूरी तरह से बंद रहँगे रोजाना सामान के लिए परिवार के एक सदस्य को ही घर से बाहर जाने दिया जाएगा संबंधित क्षेत्रों में जिलापूर्ति अधिकारी को दैनिक जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं

जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और प्लिस की टीमें तैनात रहेंगी

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की स्विधा उपलब्ध होगी

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ब्किंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से ब्किंग कराने की जरूरत नहीं होगी

रेशा तकनीक देहरादून स्थित वन अन्संधान संस्थान ने पिरूल से प्राकृतिक रेशा निकालने की तकनीक विकसित की है संस्थान ने यह तकनीक उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास बोर्ड को हस्तांतरित की है इस अवसर पर संस्थान के निदेशक अरुण सिंह रावत और उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास बोर्ड के मृख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज चंद्रन ने लाइसेंस के मसौदे पर हस्ताक्षर किये इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पिरूल को एकत्र करने रेशा निकालने और कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों तथा वन आश्रित सम्दायों के हितों की चर्चा की गई साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि इस तकनीक से पिरूल को एक जैविक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ पिरूल के कारण जंगलों में लगने वाली आग को भी रोका जा सकेगा प्रोत्साहन योजना मंजूरी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से ज्ड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में दस हजार नौ सौ करोड रुपए के निवेश की अन्मति दे दी है इस योजना का उद्देश्य देश में विश्व स्तर के खाद्य उत्पाद निर्माता तैयार करना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांडों के उत्पादों को बढ़ावा देना है ऑपरेशन मुक्ति प्रदेश में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा दें की मुहिम का दूसरा चरण आज समाप्त हो गया है